मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा सरकार की विभिन्न विकासोन्मुखी नीतियों से प्रदेश की तस्वीर में आ रहा है बदलाव क़ानून व्यवस्था की स्थिति हुई है बेहतर श्रावण मास के दूसरे सोमवार पर शिवमंदिरों में दर्शन पूजन हेत् श्रद्वालुओं और कॉवड़ियों की लगी है भारी भीड़

प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग नफरत फैलाते हैं तथा विकास के मार्ग में अवरोध पैदा करना चाहते हैं वे कभी अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो सकते प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर में शुरू किए गए बैक ट् विलेज यानी वापस गांव की ओर कार्यक्रम की सफलता का उल्लेख किया प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी ये साबित करती है कि विकास की शक्ति गोलियों और बम की ताकत से कहीं अधिक होती है लोगों की भागीदारी ये बताती है कि कस्मीर के हमारे भाई बहन गुड गर्वनस चाहते हैं इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि विकास की शक्ति बम बंद्रक की शक्ति पर हमेशा भारी पड़ती है ये साफ है कि जो लोग विकास की राह पर नफरत फैलाना चाहते हैं अवरोध पैदा करना चाहते हैं वो कभी अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो सकते हैं प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि वर्ष दो हजार उन्नीस अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत के लिए बहत अच्छा रहा है समुवे राष्ट्र ने बड़े गर्व से चंद्रयान ट्टितीय को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में जाते हए देखा उन्होंने आशा व्यक्त की कि चंद्रयान मिशन विज्ञान और नवाचार के लिए युवाओं को प्रेरित करेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों ने इस वर्ष मार्च के महीने में ए सैट का प्रक्षेपण किया था हमने ए सैट मिसाइल से महज तीन मिनट में तीन सौ किलोमीटर दूर सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता हासिल की

प्रधानमंत्री ने युवाओं और छात्र छात्राओं से विज्ञान पहेली प्रतियोगिता में भाग लेने का आहवान किया प्रतियोगिता का पूरा ब्यौरा एक अगस्त से माई गव वेबसाइट पर उपलब्ध होगा प्रतियोगिता में सबसे अधिक अंक पाने वाले प्रत्येक राज्य के छात्रों को सरकारी खर्च पर श्रीहरिकोटा में चंद्रयान के चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग को देखने का मौका मिलेगा प्रधानमंत्री ने बाढ़ प्रभावित लोगों को भरोसा दिलाया कि राहत और मदद के लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है बाढ़ के संकट में घिरे उन सभी लोगों को मैं आश्वस्त करता हूं कि केंद्र राज्य सरकारों के साथ मिलकर प्रभावित लोगों को हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने का काम बहुत तेज गति से कर रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों ने उनके आहवान पर पारंपरिक तरीकों से जल संरक्षण की जानकारी साझा की है उन्होंने कहा कि सरकार और गैर सरकारी संगठन सभी मिलकर इस दिशा में कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने मेघालय को अपनी जल नीति तैयार करने के लिए बधाई दी उन्होंने कम पानी की जरूरत वाली फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा की प्रशंसा की हरियाणा में उन फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है जिनमें कम पानी की जरूरत होती है और किसान का भी कोई नुकसान नहीं होता है मैं हरियाणा सरकार को विशेष रूप से बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने किसानों के साथ संवाद करके उन्हें परंपरागत खेती से हटकर कम पानी वाली खेती से प्रेरित किया प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता अभियान अब तेजी पकड़ चुका है और यह नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि अगस्त का महीना भारत छोड़ो आंदोलन की याद लेकर आता है उन्होंने लोगों से स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए विशेष तैयारियां करने और इसे लोकोत्सव बनाने का आग्रह किया आजादी के इस पर्व को मनाने का नया तरीका ढूंढे जन भागीदारी बढ़े

यह एक अनोखी खेल प्रतियोगिता है जहां कैंसर से लड़कर बाहर निकले लोग ही हिस्सा लेते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा में पिछले चार वर्षो की तुलना में चार गुना अधिक श्रद्वालु शामिल हुए हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों की मेहमान नवाजी की भी प्रशंसा की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयपाल रेड्डी के निधन पर शोक व्यक्त किया है सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कांग्रेस नेता राहल गांधी और मार्कसवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी सहित कई नेताओं ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है सतहत्तर वर्षीय जयपाल रेड्डी का परसों रात हैदराबाद में निधन हो गया था केन्दीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पाँच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुज़रता है इस महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के विकास के लिए वचनबद्व है श्री शाह कल लखनऊ के इन्दिरा गॉधी प्रतिष्ठान में औद्योगिक निवेश के दूसरे चरण के तहत आयोजित ग्राउण्ड प्रेकिंग समारोह को सम्बोधित कर रहे थे इस अवसर पर उन्होंने पैसठ हज़ार करोड़ रूपये से अधिक की दो सौ पचास से अधिक औद्योगिक परियोजनाओं का शिलान्यास किया श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और सरकार की प्रभावी नीतियों से पिछले पाँच वर्षो के दौरान देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में ग्यारहवें स्थान से छठें पायदान पर आ गयी है उन्होंने कहा कि कर सुधार की दिशा में जीएसटी पूरे देश में सफलता के साथ लागू किया गया है उन्होंने कहा कि देश में आयकर दाताओं की संख्या में भारी इजाफा हुआ है और अब साढ़े छ करोड़ से ज़्यादा लोग आयकर भर रहे हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने की इस शुरूआत से राज्य में आर्थिक गतिविधियां और रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे राज्य सरकार के एक ज़िला एक उत्पाद योजना की सराहना करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार परम्परागत उद्योगों को प्रोत्साहित कर रही है इससे इन उद्योगों का पुनरोद्वार होगा संकल्प पत्र के अन्दर रखा था कि पाँच साल के अन्दर हर जिले के अन्दर जो परम्परागत उत्पाद हैं जिले का उसको हम आईडेन्टीफाई करेंगे उनकी मार्केटिंग की हम व्यवस्था करेंगे और उसे उत्यादन करने वालों को रूम मुहैया करायेंगें और हमे सन्तोष है कि एक ही साल के कार्यकाल के अन्दर योगी आदित्यनाथ सरकार ने अस्सी के अस्सी जिलों में एक जिला एक उत्यादन को भी रूम मुहैया कराया

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार की विभिन्न विकासोन्मुखी नीतियों से प्रदेश की तस्वीर बदल रही है उन्होंने कहा कि आज जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी गयी है उससे न सिर्फ सूर्वे में पैसठ हज़ार करोड़ रूपये का निवेश होगा बल्कि इनसे तीन लाख युवकों को रोज़गार मिलेगा श्री योगी ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है जिससे निवेश का माहौल भी बना है समारोह को प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक तथा औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना सहित कई प्रमुख उद्यमियों ने भी संबोधित किया

आज श्रावण मास के दूसरे सोमवार पर प्रदेश भर के विभिन्न शिवालयों मे ब्रन्हमुहूर्त से ही श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं श्रद्वालुओं की भारी भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किये गये हैं वाराणसी में कांवरियों द्वारा जलाभिषेक के लिये वहां भारी संख्या में श्रद्वालुओं की भीड़ को देखते हुये हर तरह के प्रबंध पूरे कर लिये गये हैं श्रद्वालु सुबह से देवाधिदेव महादेव का जलाभिषेक कर रहे हैं कल प्रशासन द्वारा श्रद्वालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा की गयी गाजीपुर जिले के कैथी स्थित मारकण्डेय महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्वालुओं द्वारा जलाभिषेक किया जा रहा है अयोध्या में श्रावण मास के दूसरे सोमवार पर श्रद्वालु नागेश्वरनाथ क्षीरेश्वरनाथ शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलामिषेक कर पूजा अर्चना कर रहे हैं चित्रकूट में श्रद्वालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है और वहां के शिवमंदिरों में भक्तजन भगवान शिव की अराधना ब्रन्हमुहूर्त से ही कर रहे हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न शिवमंदिरों में भक्तों और कांवड़ियों द्वारा भगवान शिव का जलाभिषेक किया जा रहा है देवरिया जिले के रूद्रपुर स्थित भगवान दुष्पेश्वरनाथ मंदिर संत कबीर नगर जिले के तामेश्वरनाथ मंदिर गोरखपुर जिले के भरोहिया स्थित शिवमंदिर झारखण्डी महादेव मंदिर और बाबा मुंजेश्वरनाथ मंदिर में ब्रम्हमुहूर्त से ही जलाभिषेक के लिए श्रद्वालुओं का तांता लगा हुआ है